न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एम आर शाह और भूषण गवई की पीठ ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के दो जजों की पीठ द्वारा पिछले साल मार्च में दिये गये फैसले को निरस्त कर दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि समानता के लिए इस वर्ग का संघर्ष अभी खत्म नहीं हआ है गांधी पर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इन कार्यकमों का उददेश्य आम लोगों को गांधीजी के संघर्ष और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान से अवगत कराना है

नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने बताया है कि अभियान में ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण का सत्यापन भी किया जायेगा

नामाकंन पत्र प्रस्तुत करने वालों में कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया भारतीय जनता पार्टी से भानु भूरिया भारतीय सामाजिक पार्टी से जालम सिंह पटेल यूनाईटेड नेशनल पार्टी से संजय डामोर और चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये है

नई टेक्नालॉजी में डामर के साथ आठ प्रतिशत प्लास्टिक भी मिलाया जा रहा है प्रदेश में बारिश के कारण हुए नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से पूरे देश में नुकसान पहुंचा है और केन्द्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए काम कर रही है

भोपाल स्थित वन विहार में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ चित्रकला प्रतियोगिता और वन्य प्राणी फोटो प्रतियोगिता प्रदर्शनी से हुआ

प्रदेश में भी आज सभी जिलों में बुजुर्गो के सम्मान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं राजगढ़ रीवा जबलपुर आगरमालवा बुरहानपुर और शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस पर कार्यकमों के आयोजन के समाचार मिल रहे हैं

समारोह में राज्यपाल लालजी टण्डन भी शामिल होंगे